केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने जारी किया रिजल्ट

राज्य में कोरोना संकमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है लगातार बढ़ रहे संकमण से संकमितों को स्वस्थ होने की दर घटकर संतावन दशमलव तीन प्रंतिशत पर पहुंच गयी है राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हो गयी है इधर आज ग्यारह नये मरीजों की पुष्टि हुई है इसके बाद राज्य में कूल संक्रमितों की संख्या चार हजार दो सौ छियालिस हो गयी है इधर चौबीस घंटे में राज्य में चार और मौते हई हैं जिसके बाद कूल मौत का आंकड़ा सैंतीस हो गया है अभी एक हजार सात सौ इक्यासी मरीज सक्रिय हैं जिनका इलाज किया जा रहा है जबकि दो हजार चार सौ अठाइस रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इधर विधायक मथ्रा महतो की तबियत बिगड़ने पर उन्हें टीएमएच रेफर किया गया है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन की ओर से संचालित एक सौ आठ एंब्रेलेंस सेवा कोडरमा जिले में वरदान साबित हो रही है

कोरोना सैम्पल की जांच के लिए राज्य का पांचवां और हजारीबाग का पहला आरटी पीसीआर लैब भारू हो गया है आज शाम से इस लैब में कोरोना सैंपल की जांच भा़रू कर दी गई है

अत्याध्रनिक टेस्टिंग लैब से हजारीबाग के लोगों को लाभ मिलेगा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

इधर सिमडेगा में आज ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया उनपर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे संवेदक से बिल बनाने के लिए रिश्वत मांगने का अरोप है

इक्यानबे द मलव चार छह प्रति त छात्र इस वर्श सफल हुए हैं

विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई मेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्किल यानि कुशल होना री स्किल यानि नए कौशल सीखना और अप स्किल यानि कौशल में सुधार व्यापार के माहौल और बाजार की दशाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तन के समय प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने यह बात कही

इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था राज्य में भवन निर्माण विभाग के तहत पच्चीस करोड़ रुपये तक की निविदा स्थानीय संवेदकों के लिए आरक्षित रखी जायेगी इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्वीकृति दे दी

निविदा में कुछ भार्तों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें प्रोपराइटर पार्टनररीीप फर्म ओर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थानीय होनी चाहिए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने उपायुक्तों को पत्र लिखकर वेबिनार के माध्यम से सामाजिक संस्था दिशा की बैठक करने का आग्रह किया है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर श्री मुंडा ने वेबिनार के माध्यम से ही दिशा संस्था की महत्वपूर्ण बैठक दस दिनों के अंदर आयोजित करने का सुझाव दिया है बैठक में परिवहन को सुगम बनाने और सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे ँ के विकास पुलियों के साथ सड़क निर्माण पर चर्चा की जायेगी रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में एचईसी की समस्याओं को लेकर केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर स्थाई सीएमडी की नियुक्ति करने की मांग की और एवईसी को परमाणु ऊर्जा में विलय करने की बात कही सांसद सेठ ने एचईसी की पुनरुद्वार की भी मांग की

राज्य सरकार ने भि ान सक्षम मोबाइल एप्प के आंकड़ो के जारिये आजीविका स ाक्तिकरण की पहल की गई है इसके द्वारा प्रवासी महिलाओं को सखी मंडल में जोड़ कर आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है मिशन सक्षम सर्वेक्षण के जरिए अब चार लाख छप्पन हजार प्रवासियों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है इसके मुताबिक कुल प्रवासियों में सैंतीस दशमलव दो प्रति ात लोग खेती बारी में रूचि रखते हैं

पा चमी सिंहभूम में उचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए सुविधा प्राप्त कुमारडुंगी प्रखंड स्थित तीन स्वास्थ्य केंद्र अंधारी उलीहातु कुन्डीयाधर केंद्रो को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के रूप में उत्क्रमित किया गया है जिसके कारण यहां ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी अरूण साह का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपी सामू हांसदा को पूलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है सामू पर बरहेट थाना क्षेत्र के ड्रगुबथान में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का भी आरोप है साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोष्टा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सामु का संबंध असम के उग्रवादी संगठन नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी से है खूंटी जिले में नवनियुक्त उपायुक्त शशि रंजन ने आज पदभार ग्रहण किया

उपायुक्त शशि रंजन ने कहा सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का पूरा किया जाएगा और पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट को समय पर किया जाएगा

संक्षिप्त खबरें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर पलामू में आयोजित दो दिवसीय वेबिनार का समापन हुआ

वेबिनार में नेहरू युवा केन्द्र के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया

धनबाद के नये उपायुक्त अमित कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया